राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल का इस्तीफा किया स्वीकार लोकसभा की पांच सौ तैंतालिस सीटों में से भाजपा की तीन सौ तीन सीटों पर जीत दूसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में लगातार दूसरी बार वापस लौटने वाली पहली गैर कांग्रेसी पार्टी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसदीय चुनाव में भाजपा की जीत को लोकतंत्र की विजय बताया कहा यह विजय नये भारत के निर्माण के लिये मिला जनादेश है उच्चतम न्यायालय में चार नये न्यायाधीशों ने शपथ ली इसके साथ न्यायाधीशों के सभी इक्कतीस पदों पर नियुक्ति हुई पूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर के उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया राष्ट्रपति ने श्री मोदी को नई सरकार के गठन तक अपने पद पर बने रहने को कहा इससे पहले प्रधानमंत्री की अव्यक्षता में हई मंत्रिमंडल की बैठक में सोलहर्वी लोकसभा को भंग करने का प्रस्ताव पारित किया गया लोकसभा का कार्यकाल तीन जुन को समाप्त हो रहा है इससे पहले सत्रहबीं लोकसभा का गठन होना जरूरी है नये सदन के गठन की प्रक्रिया अगले कुछ दिनों में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य दोनों निर्वाचन आयुक्तों द्वारा राष्ट्रपति को नवनिर्वाचित सदस्यों की सूची सौंपे जाने के बाद शुरू होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार एक सौ तीस करोड़ भारतीयों के सपनों को साकार करने और नये भारत के निर्माण के लिए पहले से अधिक कृत संकल्प है राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपने के बाद एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि उनके कार्यकाल का सूर्य अस्त हो रहा है लेकिन उनके कार्यों से जो चमक आई है वो करोड़ों लोगों के जीवन को उजाला करती रहेगी प्रघानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही साउथ ब्लॉक स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों से मुलाकात कर के उनका अभिवादन किया प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नुपेंद्र मिश्र और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोमाल सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने संपन्न लोकसभा चुनावों में शानदार जीत के लिए नरेन्द्र मोदी का अभिनंदन किया प्रघानमंत्री ने पिछले पांच वर्षों के दौरान समूवे पी एम ओ के प्रयासों और समर्पण की सराहना की उन्होंने सभी से भारत के लोगों की आशाओं और आकाक्षाओं को पूरा करने में मुख्य भूमिका निमाने के लिए और अधिक कड़े प्रयास के लिए अपने को पुनर्समर्पित करने का आग्रह किया लोकसभा चुनाव के सभी परिणाम घोषित होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने तीन सौ तीन सीटे जीत कर दो हजार चौदह के चुनाव में दो सौ बयासी सीटों का अपना पिछला रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है यह पहली बार है कि जब कोई गैर कांग्रेसी सरकार केन्द्र में दूसरे कार्यकाल के लिए सत्तारूढ़ होगी भारतीय जनता पार्टी केन्द्र में दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है लोकसभा के पांच सौ बयालिस निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ निर्वाचन आयोग ने धनबल के आरोप में वेल्लोर सीट का चुनाव रद्द कर दिया था भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने पिछली बार की तीन सौ छत्तीस सीटों के मुकाबले इस बार तीन सौ इक्यावन सीटों पर विजय प्राप्त की है संयुक्त प्रगतिशील गठबंघन यूपीए को नबे सीटें मिली हैं कांग्रेस ने पिछली लोकसमा में चौवालिस सीटों के मुकाबले इस बार कुछ बेहतर करते हुए बावन सीटें जीती हैं हालांकि यह संख्या लोकसभा में विरोधी दल के नेता का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक सीटों की संख्या से कम है उधर प्रदेश की सभी अस्सी सीटों के परिणाम घोषित किये जा चुके हैं इनमें भाजपा ने सबसे ज़्यादा बासठ सीटें जीती हैं जबकि उसकी सहयोगी पार्टी अपना दल एस ने दो सीटों पर कब्ज़ा कर लिया है गठबंधन में शामिल बसपा ने दस सीटों पर विजय हासिल की है जबकि समाजवादी पार्टी पांच सीटे ही जीत सकी है एक सीट कॉग्रेस के खाते में गयी है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रघानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी सीट फिर से जीत ली है कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने रायबरेली सीट पर पुन कामयाबी हासिल की है जबकि पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को अमेठी में भाजपा नेता और केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा केन्द्रीय मंत्री मेनका गांवी सुल्तानपुर से चुनाव जीत गई है

भाजपा के वरूण गांधी ने पीलीभीत सीट पर और भोजपुरी अभिनेता और भाजपा उम्मीदवार रविकिशन ने गोरखपुर सीट पर जीत हासिल की है समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव मैनपुरी सीट पर जबकि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ सीट से लोकसभा के लिए चुने गये हैं भाजपा नेता और केन्द्रीय मंत्री संतोष गंगवार ऐसे नेताओं में शामिल है जो अब तक आठ बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं वह इस बार बरेली लोकसभा सीट से पुनः निर्वाचित घोषित हुए है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसदीय चुनाव में भाजपा की जीत को लोकतंत्र की विजय बताया है श्री मोदी नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि यह विजय नये भारत के निर्माण के लिए मिला जनादेश है

देश के सामान्य नागरिक की भावना भारत के उज्ल भविष्य की गारंटी है श्री मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कभी अपने आदर्शो का परित्याग नहीं करेंगी

न रूके न थको न झूके और आज दोबारा आ गये दो से दोबारा आने तक इस यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव आये दो थे तब भी निराश नहीं हुए दोबारा आये तो भी न हमारी नक्रता खायेंगे न हमारा विवेक खोयेंगे और न हमारे आदर्शो को छोड़ेंगे न हमारे संस्कार इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि भाजपा के इस प्रचंड बहुमत का श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया जाना चाहिये कार्यकर्ताओं का अथक परिश्रम चुनाव नतीजों में परिलक्षित हुआ है उन्होंने कहा कि देशवासियों ने यह जनादेश सबका साथ सबका विकास की नीति और राष्ट्रवादी विचाखारा के पक्ष में दिया है बाइट यह विपक्ष का जो पराजय है और भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड विजय है वह विजय ट्कड़ा ट्कड़ा गैंग की विचास्वारा को लेकर चलने वाली पार्टियों के खिलाफ नरेन्द्र मोदी जी की सबका साथ सबका विकास चाहता था यह विजय

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने लोकसभा चुनाव में पार्टी की शानदार जीत के बाद कल नई दिल्ली में वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरती मनोहर जोशी से उनके निवास पर मुलाकात की श्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि पार्टी की सफलता के पीछे लालक्रष्ण आडवाणी जैसे महान नेताओं के दशकों का कठिन परिश्रम है

बाद में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने भी आम चुनाव में पार्टी की भारी जीत पर नरेन्द्र मोदी और अमित शाह की प्रशंसा की कांग्रेस ने आज नई दिल्ली में पार्टी कार्य समिति की बैठक बुलाई है सूत्रों ने बताया कि बैठक में कांग्रेस के शीर्ष नेता लोकसभा चुनावों में पार्टी की हार के कारणों पर विचार विमर्श करेंगे प्रधान न्यायाधीश न्याययमूर्ति रंजन गोगोई ने कल उच्चतम न्यायालय के चार नये न्यायाधीशों को शपथ दिलाई न्याययमूर्ति बी आर गवई सुर्यकात अनिरूद्द बोस और ए एस बोपन्ना को शीर्ष न्यायालय के कई वर्तमान न्यायाधीशों की मौजूदगी में शपथ दिलाई गई इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय में जजों के सभी इक्कतीस पदों पर नियुक्ति पूरी हो गई है जौनपुर जिले में हुई एक सड़क दुर्घटना में चार लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है पुलिस सूत्रों के अनुसार यह हादस बख्शा थाना क्षेत्र के फ़तेहगंज बज़ार के पास उस समय हुआ जब एक ट्रक की विपरीत दिशा से आ रहे वाहन से आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई